इस बीच मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी के कोरोना संक्रमित होने पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और आरयूएचएस अस्पतालों के अलावा अजमेर कोटा बीकानेर झालावाड़ जोधपुर भरतपुर उदयपुर भीलवाड़ा पाली डूंगरपुर बाड़मेर सीकर और चूरू मेडिकल कॉलेजों में कोविड की जांच कराई जा सकती है

जयपूर के एमजीएमसी जेएनयू और निम्स सहित आठ निजी मेडिकल कॉलेजों में जांच कराई जा सकती है जिनमें उदयपुर के पैसेफिक इंस्टीट्यूट उमरदा अमेरिकन इन्टरनेशनल एवं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज पैसेफिक इंस्टीट्यूट गिरवा और राजसमंद का अनन्ता कॉलेज शामिल है

इनमें जयपुर की बी लाल एसडीएमएच कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड सूर्यम डाइग्नोस्टिक सेंटर ओके लैब नारायणा हृदयालय कार्डिस लैब टेक केयर लेब रिलायबल डायग्नोस्टिक सेंटर कैम्बरवेल माइक्रो चैक प्रीसीजन लैब एम जैनिक्स लैब मणिपाल लैब अपैक्स अस्पताल लैब डीकेम लैब प्रोस्पेक्ट लैब सरल डायग्नोस्टिक लैब के अलावा जोधपुर के गोयल अस्पताल एक्यू एमडी एक्स लैब और एण्डो जनिक्स लैब को शामिल किया गया है इनके अतिरिक्त सरकार ने डीएमआरसी और एम्स में भी कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध कराई है

इधर कोविड से बचाव में काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत कम हो गई है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

उन्होंने टीम को निर्देश दिए कि वे गांव के सभी घरों का सर्वे कर ज्यादा से ज्यादा सैम्पल एकत्रित कर उनकी जांच करें झालावाड़ जिले में बढ़ते संक्रमण के कारण एसआरजी अस्पताल का कोविड वार्ड भर गया है ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज पोलिटेक्निक कॉलेज और हॉर्टिकल्वर कॉलेज के छात्रावासों में कोविड केयर सेटर्स बनाए गए है

बीकानेर में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों ने वीकेंड कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लिया जिले के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सुविधा के मद्देनजर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है